मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि राजनीतिक दलों ने ईवीएम को छोड़कर दोबारा मत पत्रों से वोटिंग प्रणाली अपनाने से मतदान केन्द्रों पर कब्जे की आशंका जतायी है श्री रावत विभिन्न मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक के दौरान आज नई दिल्ली में हुई चर्चा के बारे में संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने ईवीएम प्रणाली और वीवीपैट के बारे में समस्याओं का जिक्र किया जबकि अधिकतर ने ईवीएम से वोटिंग का समर्थन किया है उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक सुझाव प्राप्त हुए हैं आयोग इनकी समीक्षा करेगा और उसके अनुरूप कदम उठायेगा बैठक के दौरान मतदाता सूची वीवीपैट और ईवीएम सहित कई मुद्दों पर राजनीतिक दलों ने अपने सुझाव दिये इधर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने कहा है कि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में सभी ईवीएम मशीनों में वीवीपैट लगाये जायेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने आज कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना को अगले महीने की पच्चीस तारीख से शुरू किया जायेगा श्री नड्डा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए उनतीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं उन्होंने बताया कि इस योजना के लाभार्थियों के लिए नामांकन करना जरूरी नहीं है कुछ फर्जी वेबसाइट के इस योजना के नाम पर लोगों को प्रलोभन देने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इन पर कार्रवाई कर रही है उन्होंने बताया कि सभी सरकारी अस्पताल को ये सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है प्रदेश में ग्राम स्वराज अभियान के तहत शिविर लगाकर छह लाख इकतालीस हजार परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ आज पटना में हुई समीक्षा बैठक में विभिन्न तेल विपणन कंपनियों ने बताया कि ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्य के तेरह पिछले जिलों में आठ हजार दो सौ उन्नीस गांवों में लोगों को लाभ प्रदान किया गया श्री मोदी ने कंपनियों के प्रतिनिधियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना और अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त रसोई गैस प्रदान करने के निर्देश दिये हैं बैठक के बाद श्री मोदी ने बताया कि एनडीए सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में रसोई गैस के उपभोक्ताओं की संख्या में एक सौ छियानवे प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच कर रही सीबीआई ने आज पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अब तक की गयी जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की गौरतलब है कि इस मामले की जांच पटना उच्च न्यायालय की निगरानी में हो रही है सीबीआई के वकील ने जांच अधिकारी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक के तबादले के बारे में भी न्यायालय को जानकारी दी है इस मामले की अगली सुनवाई कल होगी समाज कल्याण मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि राज्य में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रय गृहों के संचालन में मिल रही गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद सरकार ने खुद से इनको चलाने का फैसला किया है समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री वर्मा ने कहा कि आश्रय गृहों के सरकार के स्तर पर संचालन से लाभार्थियों तक सही मदद पहुंच सकेगी पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदेश में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने के लिये कानून लाना चाहिए न्यायालय ने लोगों को इस संबंध में जागरूक करने के लिये मीडिया से भी सहयोग लेने का सुझाव दिया वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड प्रमुख मनीष सहनी की हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने महनार से जदयू विधायक उमेश कुशवाहा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर इस मामले में विधायक सहित कुल ग्यारह लोगों को अभियुक्त बनाया गया है भोजपूर जिले के बिहिया में पिछले दिनों एक किशोर की हत्या के मामले में पुलिस ने दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है किशोर का शव मिलने के बाद आक्रोशित भीड़ द्वारा हंगामा आगजनी और एक महिला को निर्वस्त्र कर पिटायी के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है रिपोर्ट में कहा गया है कि मृतक किशोर का रेडलाईट एरिया में पहले से आना जाना था हत्या वाले दिन एक महिला डांसर के साथ किशोर का पैसे को लेकर विवाद हुआ था जिसके बाद चार लोगो ने मिलकर उसकी हत्या कर दी इधर पुलिस ने हंगामे के दौरान एक महिला को निर्वस्त्र करने और उसकी पिटायी के मामले में पांच नए आरोपियों की पहचान कर इनके खिलाफ इश्तेहार चिपकाए हैं प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय रहने के कारण पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में रूक रूक कर बारिश हो रही है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल और ओडिसा के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिससे कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक छह सेंटीमीटर बारिश सारण जिले के परसा में रिकार्ड की गयी वहीं अरवल सीवान सीतामढ़ी पूर्वी चंपारण बक्सर मुजफ्फरपुर नालंदा और वैशाली जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है इधर राज्य की अधिकांश नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है गंगा नदी का जलस्तर पटना जिले के हाथीदह गांधी घाट और भागलपुर में खतरे के निशान के आसपास रिकार्ड किया गया वहीं पुनपुन नदी का जलस्तर भी पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार घाघरा बूढ़ी गंडक बागमती कमला बलान और महानंदा नदी विभिन्न स्थानों पर लाल निशान को पार कर गयी है वैशाली जिले में बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के सुकन्या समृद्धि योजना के तहत डाकघरों और बैंकों में सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाकर लोग अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं

जिले के महथी धरमचंद गाँव के राजन राज कहते है कि बेटियों क भविष्य की सुरक्षा के लिए योजना एक बडा कदम है

जिले में लोग अपनी अपनी आर्थिक क्षमता के अनुरुप खाते खुलवा रहे हैं और बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी भाग लेंगे बैठक में शामिल होने के लिये उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नई दिल्ली रवाना हो गये हैं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और ज्योतिष शास्त्र के विद्वान डाक्टर रामचंद्र झा को संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जायेगा भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के नाढ़ी गांव में पूर्व भाकपा माले नेता रमाकांत राम की गोली मारकर हत्या कर दी गयी पुलिस मामले की जांच कर रही है पटना जिले की जक्कनपुर थाना पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के दारोगा को शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है